वाराणसी में कल मीडिया हाउस जागरण फोरम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वर्नुअल माध्यम से सम्बोधित करते हुए श्री योगी र्न कहा कि प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिये कई कदम उठाये गये हैं उन्होंने कहा कि व्यापार को सुगम बनाने और लोगों की आजीविका को बेहतर करने की दिशा में भी लगातार कार्य हुए हैं श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज अनुकूल कारोबारी माहौल देने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी का डटकर मुकाबला किया है उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों पर अतिरिक्त कर का भार डाले बिना सरकार ने कर संग्रह में बढ़ोत्तरी की है श्री योगी ने कहा कि कर चोरी की घटनाओं और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है उन्होंने कहा कि राज्य में पहले जीएसटी से उन्वास हजार करोड़ रूपये की आय होती थी जो अब बढ़कर एक लाख करोड़ रूपये हो गयी है केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि सरकार कोविड से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर आज श्री जावड़ेकर ने कहा कि टीके संक्रामक रोगों की रोकथाम में काफी कारगर साबित हुए हैं

डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीयों को पहले टीके लगाये जाने के विपक्ष की ओर से उठाये गये मुद्दों का जवाब दे रहे थे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि राज्य में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोविड नाइन्टीन के मामलों में आशिक रूप से बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये अतिरिक्त साक्यानी बरतने की अपील की है उन्होंने सभी से मास्क का प्रयोग करने सुरक्षित दूरी बनाये रखने और हाथों को साफ करते रहने के नियमों का पालन करने का आग्रह किया श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के दो सौ अट्ठाईस नये मामले सामने आये हैं राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार नौ सौ बारह है अब तक पांच लाख चौरानबे हजार नौ सौ तिरानबे लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं महामारी से राज्य में कुल आठ हजार सात सौ पचास लोगों की मृत्यु हुयी है प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम तेजी से जारी है कल एक दिन में एक लाख तीन सौ उन्तीस नमूनों की जांच की गयी अब तक कुल तीन करोड़ उन्तीस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ अठहत्तर नमूनों की जांच की जा चुकी है श्री प्रसाद ने कहा कि राज्य में कल दूसरी बार एक दिन में तीन लाख से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया गया प्रदेश में कल तीन लाख ग्यारह हजार तीन सौ इक्यावन लोगों का टीकाकरण किया गया अब तक तीस लाख से ज्यादा लोगो को कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं श्री प्रसाद ने बताया कि रविवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिन राज्य के मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोविड टीकाकरण किया जा रहा है कोविड टीकाकरण अभियान में भारत एक के बाद एक नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल देशभर में तीस लाख उन्तालीस हजार से अधिक कोविड टीके लगाए गए जो एक दिन में टीकाकरण का नया कीर्तिमान है मंत्रालय ने कहा है कि केवल पंद्रह दिन में टीका लगा चुके साठ साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या एक करोड़ से अधिक हो गई है अब तक देशभर में कुल तीन करोड़ उन्तीस लाख सैंतालीस हजार कोविड टीके लगाए जा चुके हैं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत का वर्ष दो हजार पच्चीस तक तपेदिक उन्मूलन का लक्ष्य है उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार लोगों तक पहुंच नई दवाएं और वित्तीय सहायता जैसे कई महत्वपूर्ण कदम पहले ही उठा चुकी है श्री नायडू ने लोगों की आदतों में बदलाव लाने के लिए जागरूकता बढाने पर जोर दिया

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे देश की सम्पत्ति है और हमेशा रहेगी

भारतीय रेलवे को देश की वृद्वि का इंजन बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि अगर निजी क्षेत्र रेलवे में निवेश करना चाहता है तो देश के हित में उसका स्वागत किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र अपने साथ दक्षता लाएंगे और वृद्धि को गति देंगे प्रदेश में मऊ सहित अन्य जनपदों में पोषण पखवाड़ा सोलह मार्च से शुरु होकर इकतीस मार्च तक चलेगा